असम में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की पुद्दुचेरी में एनडीए को पूर्ण बहुमत केरल में वाम मोर्चा दोबारा बनायेगी सरकार

संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड संतानवे लोगों की मौत

कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस असम में भाजपा और केरल में वाम मोर्चा ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है वहीं तमिलनाडु में दस साल बाद डीएमके को बहुमत हासिल हुआ है पुद्दुचेरी में एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है पार्टी ने दो सौ बानवे सीटों में से दो सौ चौदह सीटों पर जीत हासिल की है वहीं भाजपा को छिहत्तर सीटों पर जीत मिली है नंदीग्राम सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गयी हैं उन्हें भाजपा के शुभेन्द् अधिकारी ने पराजित किया असम में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की है पार्टी को एक सौ छब्बीस में से साठ सीटें मिली हैं जबकि एनडीए गठबंधन क्ल पचहत्तर सीटें जीतने में कामयाब रहा है वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को पचास सीटों पर जीत हासिल हई है तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है गठबंधन ने एक सौ इकतालीस सीटें जीती हैं और अठारह पर आगे है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्तर सीटों पर जीत हासिल की है और पांच पर बढ़त बनाये हुये है केरल में एलडीएफ ने सत्ता में वापसी की है गठबंधन को तिरानवे सीटों पर जीत हासिल हुई है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इकतालीस सीटों पर ही जीत हासिल कर सका प्रदद्दचेरी में सभी तीस सीटों के परिणाम आ चुके हैं एनडीए के नेतृत्व वाले गठबंधन से एनआर कांग्रेस ने दस और भाजपा ने छह सीटों पर जीत हासिल की है गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है वहीं डीएमके ने छह कांग्रेस ने दो और निर्दलीय उम्मीदवारों ने छह सीटों पर जीत दर्ज की है प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार पांच सौ चौंतीस नए मामलों की पुष्टि हुई है इस अवधि में लगभग नब्बे हजार कोविड नम्नों की जांच की गई संक्रमण की दर चौदह प्रतिशत से अधिक हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो हजार सात सौ अड़तालीस मामले सामने आए हैं यह नए मामलों का लगभग बीस प्रतिशत है इसके अलावा वैशाली से आठ सौ पांच पश्चिम चंपारण से छह सौ बावन बेगूसराय से पांच सौ उनहतर भागलपुर से पांच सौ पैंतीस और गया से पांच सौ चौवालीस मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल ग्यारह हजार छह सौ चौरानवे मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में स्वस्थ होने की दर सतहत्तर दशमलव तीन छह प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में रिकॉर्ड सन्तानवे मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर दो हजार सात सौ उनतालीस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख नौ हजार नौ सौ पैंतालीस है जिसमें सबसे अधिक पटना से सत्रह हजार पांच सौ नब्बे मामले हैं प्रदेश में अब तक बहत्तर लाख पंचानवे हजार एक सौ पैंसठ लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल उनसठ हजार आठ सौ पैंतीस लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से इकतीस हजार बयालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि अठाईस हजार सात सौ तेरानवे लोगों को दूसरी डोज दी गई इधर देश में अब तक पन्द्रह कारोड़ अड़सठ लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है जानेमाने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजादान ने कोरोना की इस दूसरी लहर में लोगों से संयम से काम लेते हुये सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

श्री पांडेय ने बताया की मई महीने में सोलह लाख टीके की डोज आने की सम्भावना है इसके बाद ही तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू होगा

इक्कीस अप्रैल से नौ मई के बीच राज्य को रेमडेसिविर की सतासी हजार आठ सौ डोज आवंटित की गई है इसमें से लगभग अट्ठाईस हजार डोज मिल चुका है उन्होंने बताया कि लगभग बीस हजार डोज सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिलों में भेजे जा चुके हैं श्री पांडेय ने बताया कि मरीज के परिजनों को रेमडेसिविर के आवंटन की सूचना भी दी जायेगी स्वास्थ्य ने बताया कि केंद्र ने राज्य के लिए ऑक्सीजन के आवंटन का कोटा भी बढ़ा दिया है अब राज्य को दो सौ चौदह मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट की संख्या लगातार बढ़ रही है पन्द्रह अप्रैल तक जहां इनकी संख्या ग्यारह थी वो अब बढ़कर उन्नीस हो गयी है उन्होंने बताया कि अभी राज्य में एक सौ चौरानवे टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है ऑक्सीजन परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन से चार अतिरिक्त टैंकर लिये गये हैं राज्य सरकार ने दवाओं मेडिकल उपकरणों और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कोरोना की वर्तमान रिथति और इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया उन्होंने अधिकारियों से समय समय पर दिये गये निर्देशों के आलोक में की गयी कार्रवाई से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा बैठक में मुख्य सचिव ने अस्पतालों में पुलिस बल की तैनाती करने और मरीजों के परिजनों को ठहरने के लिए अस्थायी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये प्रदेश में चिकित्सकों के एक हजार पदों पर अस्थायी नियुक्ति के लिए दस मई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में इंटरव्यू आयोजित की जायेगी उन्होंने बताया कि जल्द ही पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और मोहनिया की राजद विधायक संगीता कुमारी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए विधायक निधि से एक एक करोड़ रूपये की अनुशंसा की है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये रियल ई स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने सोलह मई तक शिकायतों की सुनवाई टाल दी है कोराना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं इनमें ब्याज दर में कमी और विलम्ब शुल्क माफ करना शामिल हैं वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है

यह नियम सामान्य करदाताओं और तिमाही रिटर्न भरने वाले दोनों करदाताओं के मामले में लागू होगा

आनन्द कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार इस अवधि में वज्रपात की भी आशंका है

हिन्द्रस्तान ने लिखा है दीदी ने बंगाल और भाजपा ने असम बचाया प्रभात खबर की सुर्खी है बंगाल में तृणमूल की हैट्रिक दैनिक भास्कर ने कोविड के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है पटना के चार सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों ने कहा पन्द्रह दिन लॉकडाउन करें दैनिक जागरण की सुर्खी है शहाबुद्दीन की मौत की मजिस्ट्रेट जांच शुरू दैनिक आज ने लिखा है पीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की मेडिकल और नर्सिंग छात्रों से कोविड ड्यूटी कराने की तैयारी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड तीन हजार छह सौ नवासी मौत

असम में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की पुद्दुचेरी में एनडीए को पूर्ण बहुमत केरल में वाम मोर्चा दोबारा बनायेगी सरकार

संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड संतानवे लोगों की मौत

कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका